इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति वैकेया नायड़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गृहमंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने नई दिल्ली में राजघाट पहुंचकर बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गयी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दिल्ली में गांधी संदेश यात्रा का आयोजन किया गया इन नेताओं ने राजघाट पहंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किये इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में मानवता के प्रति महात्मा गांधी के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि गांधीजी के सपनों को साकार करने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिये हम सभी को कड़ी मेहनत का संकल्प लेना चाहिये उन्होंने कहा कि गांधी का शांति का संदेश दुनिया के लिये आज भी प्रासंगिक है गांधी प्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक महाविद्यालय में गांधी स्तंभ बनाया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे हम विद्यार्थियों को गांधी के विचारों सिद्धांतों और उनके संघर्षों से अवगत करा सकेगें उन्होंने कहा कि आज हमारा देश धर्म भाषा और संस्कृति की विविधताओं के बावजूद एक झंडे के नीचे खड़ा है इसका श्रेय गांधीजी के विचारों को जाता है समारोह को उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने भी संबोधित किया इससे पहले मुख्यमंत्री ने भारत भवन में संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित गांधी पर्व समारोह का शुभारंभ किया उन्होंने इस अवसर पर युवा पीढी से आव्हान किया कि वे गांधी के मूल्यों सिद्वांतों को अपनाएं और उन पर अमल करे समारोह में गांधी के विचारों और आदर्शो पर समर्पित पुणे की संस्था लोकायत संस्था को उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए राष्ट्रीय महात्मा गांधी अलंकरण सम्मान प्रदान किया गया यह सम्मान संस्था की ओर से नीरज जैन ने प्राप्त किया

समारोह को संस्कृति मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने भी संबोधित किया

सम्मेलन में प्राचार्य डॉक्टर आशीष डोंगरे ने बताया कि इस दौरान होने वाली सौर ऊर्जा कार्यशाला में भोपाल और उसके आस पास के तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थानों के छात्रों को सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों को बनाने की तकनीकी सिखाई जाएगी साथ ही ये छात्र सौर ऊर्जा राजदृत के रूप में लोगों को सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये प्रेरित भी करेंगे सम्मेलन में तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के शिक्षक और छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे सम्मेलन का आयोजन आईआईटी मुम्बई तकनीकी शिक्षा परिषद और केन्द्रीय नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने मिलकर किया था इस दौरान छात्रों को सौर ऊर्जा के उपयोग की जानकारी देने वाली किट भी वितरित की गई कार्यक्रम में आज पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री को भी उनके जन्मदिवस पर याद किया गया गांधी पदयात्रा गांधी जयंती पर कांग्रेस ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अग्वाई में रोशनपुरा चौराहे से लेकर पुरानी विधानसभा तक पदयात्रा का आयोजन किया गया भाजपा ने भी गांधी जयंती पर गांधी संकल्प यात्रा का आयोजन किया इस यात्रा में स्वच्छता प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण नशा मुक्ति और सामाजिक समरसता का संकल्प लिया गया पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उमाभारती विधायक विश्वास सांरग रामेश्वर शर्मा महापौर आलोक शर्मा सहित बडी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आ ई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

इनमें बडी संख्या में शामिल हुए लोगों ने सत्य अहिंसा और स्वच्छता के लिये काम करने का संकल्प लिया भोपाल स्थित विधानसभा परिसर में विधानसभा के प्रमुख सचिव एपीसिंह सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया हमारी जबलपुर संवाददाता ने बताया कि आज सुबह शहर के प्रमुख मार्गो से एक रैली निकाली गयी इसमें बडी संख्या में वरिष्ठजनों के साथ विद्यार्थियों ने भाग लिया इस रैली में स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश दिया गया एक अन्य कार्यक्रम में रेलवे स्टेशन के समीप बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने नुक्कड नाटक के जरिये लोगों से स्वच्छता का आव्हान किया शहडोल में आज से मद्य निषेध सप्ताह की भी शुरूआत हुई जिसमें लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया बैतूल में लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया उन्होंने लोगों से गांधी के आदर्शो का पालन करने की अपील की

इस दौरान जिले के रामपुरा गांव में जवानों ने स्वच्छता अभियान भी चलाया और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया सागर में राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने शहर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया उधर खंडवा में महापौर सुभाष कोठारी ने शहर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण करना और उन तक योजना का लाभ पहुंचाना ही इस अभियान का उद्देश्य है आगरमालवा जिला मुख्यालय पर फिट इंडिया प्लानिंग रन के तहत एक दौड का आयोजन किया गया इसमें बडी संख्या में आमलोगों के साथ ही जनप्रतिनिधि कलेक्टर संजय कुमार पुलिस अधीक्षक सविता सोहाने और विद्यार्थियों ने भाग लिया इस अवसर पर अधिकारियों और पत्रकारो के बीच सद्भावना किकेट मैच का भी आयोजन किया गया वहीं जिले के चांपाखेडा गांव में अस्पृशयता निवारण सद्भावना शिविर भी आयोजित किया गया वहीं विदिशा रायसेन सीधी कटनी होशंगाबाद उमरिया देवास राजगढ़ अनुपपूर टीकमगढ़ में भी गांधी और शास्त्री जयंती पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें लोगों ने गांधी के बताये मार्ग पर चलने का संकल्प लिया स्टेशन सर्वे उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर जोधपुर और दुर्गापुर स्टेशन देश के सबसे स्वच्छ स्टेशन चुने गये है

जोधपुर दूसरे और दुर्गापुर तीसरे स्थान पर है

गृहमंत्री बयान प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि हनी ट्रैप मामले में पकडाये गये आरोपियों पर कोई राजनैतिक दबाब नहीं है इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी गृहमंत्री ने आज इंदौर में कहा कि इस मामले में जांच की जिम्मेदारी डीजी और एडीजी स्तर के अधिकारियों को सौंपी गयी है उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच हो इसी उद्देश्य से विशेष जांच दल में बदलाव किया गया है

इसके शुरू होने से पर्यटकों को काफी सुविधा होगी और खुजराहों के लिये दिल्ली से दो हवाई सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी एयर इंडिया पहले ही यहां अपनी हवाई सेवाएं उपलब्ध करा रहा है

मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश होने से शाम के बाद फिजां में ठंडक घुलने लगी है हालांकि अभी मानसून विदा नहीं हुआ है दक्षिण पूर्व राजस्थान और इससे सटे पश्चिमी मध्यप्रदेश पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है तथा वायुमंडल में चक्रवाती घेरा भी कायम रहने से यह वर्षा हो रही है मौसम विभाग ने शाजापुर आगरमालवा दतिया शिवपुरी श्योपुर राजगढ़ गुना अशोकनगर नीमच मंदसौर टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी आशंका जताई है वहीं मौसम विभाग ने तीन या चार अक्टूबर से वर्षा की गतिविधियों में कमी आने के संकेत दिए हैं